उन्होंने सभी विद्यार्थियो से आगे बढ़कर अपने परिवार के निरक्षर सदस्यों को पढ़ाने का आग्रह किया ताकि वे भी लिख पढ़ सके श्री जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में बावन वें अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की जरुरत है निरक्षर लोगो के सीखने की गति तेज करने के लिए पढ़ाने के तरीके और पाठ्य सामग्री को आसान बनाना भी जरुरी है उन्होंने कहा कि देश से निरक्षरता दूर करने के लिए साक्षरता मिशन एक सामाजिक अभियान होना चाहिए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सरकार नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और नया भारत साक्षर भारत होगा उन्होंने कहा कि समय पर यह लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक नया राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा

श्री मिश्रा ने छात्रों से कड़ी मेहनत करने अनुशासन बनाए रखने आज्ञाकारी होने और स्वच्छता की आदतों का अभ्यास करने की सलाह दी इस अवसर पर राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञो को प्राथमिक वास्तुकला की योजना और निष्पादन के साथ प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में उचित वेंटिलेशन और प्रकाश के लिए खिड़की और प्रशंसक होगा

इस दिन इस महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है

इस प्रतिमा का सरदार सरोवर बांध से एक किलोमीटर दूर नर्मदा नदी में एक छोटे द्वीप साधू बेट पर निर्माण किया जा रहा है आज नई दिल्ली में पत्रकारो से बातचीत में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि यह प्रतिमा ऐसे समय में एकता का प्रतीक होगी जब कुछ लोग देश को बांटने की कोषिण में लगे है नारी कोयू विधायक केंटो रीना ने प्रदेश और असम के लोगो से अंतराज्यीय सीमा क्षेत्रो में शांतिपूर्वक माहोल बनाए रखने की अपील की है लोअर सियांग जिले के नारी में सलोंग उत्सव में भाग लेते हुए श्री रीना ने कहा कि त्योहार विचारों का आदान प्रदान करने और विभिन्न समुदायों के लोगो के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है उन्होंने कहा कि राज्य के लोग पिछले कई दशकों से असम के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है

देश भर से दो सौ पचास से अधिक प्रतिनिधियो के शिविर में भाग लेने की उम्मीद है इस शिविर में इंडोनेशिया नेपाल बांग्लादेश और भूटान के विदेशी प्रतिनिधियो द्वारा भी भाग लिया जाएगा

पुलिस ने बताया कि एक सुराग के आधार पर पुलिस ने इन दोनो व्यक्तियों को कुजुपत्थर इलाके से गिरफ्तार किया पुलिस ने यह भी बताया कि ये दोनो अल्फा इंडिपेंडेंस के उस गुट का हिस्सा रहे है जिसने कुछ महीनों पहले बोरदुम्सा पुलिस थाना प्रभारी की हत्या की थी पुलिस इन दोनों से पुछताछ कर रही है

इस भूकम्प का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था नाहरलगुन कृष्टि केंद्र द्वारा कृष्टि केंद्र संगीत अकादमी के सहयोग से नाहरलगुन में डाँ भूपेन हाजरिका का बावन वा वर्षगाठ मनाया गया इस आयोजन के चलते नाहरलगुन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया